उच्चतम न्यायालय ने केंद सरकार को कोयला ब्लॉक नीलामी के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर के मसनजोरा में मनरेगा योजनाओं में बरती गई अनियमितता मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को जांच करने का दिया निर्देश

इसके साथ ही करोना से मरने वालों की संख्या सैंतीस पहुंच गयी है आज रामगढ़ से चौदह नये कोरोना पॉजिट मरीज मिले इनमें दस पुरूष तीन महिला और एक बच्चा शामिल है संक्रमितों में जिला समाहरणालय से सात रामगढ़ प्रखंड से पांच दुलमी से एक और मांड्र प्रखंड से एक मरीज हैं

इन संक्रमितों के साथ झरखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या चार हजार तेरह हो गयी है इधर सूबे में आज मरने वालों में रांची के डंगराटोली निवासी एक व्यक्ति पैंसठ साल के गुमला निवासी एक व्यक्ति जमशेदपुर के कदमा की रहने वाली एक महिला और धनबाद के जामाडोभा का रहने वाला एक पुरूष शामिल है अब तक दो हजार तीन सौ उन्हत्तर लोग स्वस्थ हो चुके हैं लॉकडाउन हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में एक सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा जा रहा है इसकी जानकारी उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने वीडियो काफ्रेंस के माध्यम से दी उन्होंने बताया कि पिछले तीन दिनों में जिले में कोरोना संक्रमितों के मामले तेजी से बढ़े हैं और अभी एक सौ मामले सक्रिय है नगर निगम क्षेत्र में लॉक डाउन कल से प्रभावी होगा इधर पुलामू के हरिहरगंज अघोर आश्रम में बने कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया गया उपायुक्त शांतन् अग्रहरि की अध्यक्षता में आज हई बैठक में यह निर्णय लिया गया वहीं बैठक में दूसरे राज्यों के बिना ई पास वाले वाहनों के जिले में प्रवेश बंद रखने की बात कही गयी इधर लोहरदगा जिले में कल नगर परिषद के एक संवेदक के करोना संक्रमित होने के बाद लोहरदगा नगर परिषद को बंद कर दिया गया वहीं धनबाद में सांसद पीएन सिंह के बॉडीगार्ड के करोना संक्रमित पाये जाने के बाद सांसद आवास को सील करके कन्टेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है

सरकार ने कहा कि स्वस्थ होने के मामले में तेजी से प्रगति हो रही है और संक्रमित लोगों के मुकाबले स्वस्थ हए लोगों की संख्या एक दशमलव आठ गुणा ज्यादा हैं फिलहाल देश में तीन लाख ग्यारह हजार पांच सौ पैंसठ संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है

भारत में कोरोना वायरस से मृत्युदर प्रति दस लाख पर सत्रह दशमलव दो है विश्व स्तर पर यह औसत दर तिहत्तर है

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रोफेसर और श्वास संबंधी रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर तन्मय तालुकदार इस परिचर्चा में हिस्सा लेंगे

कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर आफिसियल पर भी उपलब्ध रहेगा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिये जा सकते हैं कोयला ब्लॉक उच्चतम न्यायालय ने वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉक की नीलामी के खिलाफ झारखण्ड सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हए केंद्र सरकार को चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने नीलामी के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण वनों और वन में निवास करने वाले समुदायों को सुरक्षित करने के लिए सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है

वहीं मुख्यमंत्री ने दर्ज परिवाद पत्र के आलोक में धनबाद नगर निगम में चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत लगभग दो सौ करोड़ रुपए के प्राक्कलन घोटाला की जांच के लिए पीवईव दर्ज करने की अनुमति दी है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे अधिक मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक है कल गुगल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई से वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय लोग टेक्नोलॉजी अपनाने और उसके अनुरूप अपने को ढालने में माहिर हैं श्री मोदी ने सरकार द्वारा हाल में कृषि क्षेत्र में सुधार और रोजगार के नये अवसर पैदा करने के बारे में भी चर्चा की

राज्यपाल राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बेहतर तकनीक के कारण आज कोरोना काल में भी ऑनलाइन क्लास हो पा रही है तकनीक के कारण आपदा काल में भी कई काम आसानी से हो पाये हैं वे केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रही थीं मौके पर उन्होंने कहा कि संगोष्ठी के माध्यम से महिला प्रतिभागियों में आत्मबल आत्मसम्मान और सशक्तीकरण का न केवल अहसास होगा बल्कि इससे और प्रोत्साहन प्राप्त होगा इस संगोष्ठी से वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर रहेंगी

एक टवीट में श्री निशंक ने छात्रों को शुभकामनायें दी

आत्मनिर्भर रामगढ़ भाजपा जिला कमिटि ने आज प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि देश में चीनी ऐप्प के प्रतिबंध के बाद वैसे लोगों को सरकार प्रोत्साहित करेगी जो खुद स्वदेशी ऐप्प बनायेगी जिला महामंत्री रंजीत पांडेय ने इस मौके पर कहा कि केंद्र सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए बीस लाख हजार करोड़ रूपये का आर्थिक पैकेज दिया है

मौसम मौसम विभाग ने गुमला रांची सरायकेला खरसांवा खूंटी पूर्वी सिंहभूम हजारीबाग रामगढ़ और गिरिडीह जिलों के कुछ भागों में आज वजपात के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है